केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को चीन इटली ईरान कोरिया जापान फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से विदेश की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की अपील की है विदेश यात्रा पर जाने का विचार कर रहे भारतीयों के लिए कोविड नाईनटीन से संबंधित अतिरिक्त यात्रा परामर्श जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि दुनिया भर में सौ से अधिक देशों में अब कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं परामर्श में कहा गया है कि इन देशों की यात्रा करने वाले या विदेशों की यात्रा पर गए लोगों के वहां रुकने और हवाई अड्डों पर कोविड नाईनटीन से संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आने की आशंका है मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के पचास मामलों की प्रष्टि हुई है जिनमें सोलह इटली के नागरिक हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कुमार ने बताया है कि केन्द्र सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोकने का हरसंभव प्रयास कर रही है विशेष सचिव ने कहा कि दुनिया के एक सौ से अधिक देशों में कोविड उन्नीस का संक्रमण फैल चुका है श्री कुमार ने बताया कि नोवल कोराना वायरस के कारण देश में अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है

इस विषय में ब्यूरो ऑफ माइग्रेशन एक नोटिफिकेशन इशु कर रहा है इटली और दक्षिण कोरिया से भारत की यात्रा पर आने वाले और वहां गए लोगों को पहले के वीजा प्रतिबंधों के अलावा अब अनिवार्य रूप से अपने देश के स्वास्थ्य प्राधिकारियों की ओर से अधिकृत प्रयोगशालाओं से कोविड नाईनटीन मुक्त होने का प्रमाण पत्र सौंपना होगा स्वास्थ मंत्रालय के परामर्श के अनुसार यह उपाय कल मध्य रात्रि से प्रभावी हो जायेगा इस वायरस के मामले कम होने तक यह निर्देश अस्थायी रूप से जारी रहेगा नागर विमानन महानिदेशालय ने यह भी कहा है कि इटली और दक्षिण कोरिया गए या वहां से लौटने वाले यात्रियों के लिए अपने देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से निर्देश प्रयोगशालाओं से कोरोना वायरस के ग्रसित नहीं होने का प्रमाण पत्र रवाना होने वाले हवाई अड्डे पर जमा करना होगा इटली स्थित भारतीय दूतावास ने भारत के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय विद्यार्थियों से भी कहा है कि वे ऑन लाइन फॉर्म भर सकते हैं प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सोलह मार्च से तीस अप्रैल के दौरान विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया है कि ग्राम सभा में आम लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं मुख्य सचिव ने कहा कि पन्द्रह से कम पंचायत वाले प्रखंडों में प्रत्येक दिन एक और इससे अधिक पंचायत वाले प्रखंड में दो ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि ग्राम सभाओं में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लोक सेवा का अधिकार समेत शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामीण विकास समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के अलग अलग काउंटर होंगे

केन्द्र सरकार ने किसान रेल चलाने के लिए एक समिति का गठन किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समिति में कृषि और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं उन्होंने कहा कि समिति जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी और इसके लिए प्रशाीतन युक्त कोच वाली एक्सप्रेस और मालगाड़ी चलाई जा सकती है रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास खाली पड़ी जमीन पर सौर पैनल लगाए जाने की भी योजना है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा अब पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करेगा रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने कहा है कि रेरा में निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डरों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी साथ ही देश के किसी भी स्थान पर वह दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पायेंगे उनकी किसी परियोजना का नक्शा पास नहीं होगा जबकि ऐसे बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वालों को उस फ्लैट के लिए बैंक भी फाईनेंस नहीं कर सकेंगे उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे बिल्डरों की परियोजनाओं की पहचान के लिए एजेंसियों से सर्वे कराया जा रहा है देश के तेईस आईआईटी के लिए सत्रह मई को होने वाली जेईई एडवांस की परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण का दायरा चार प्रतिशत से बढ़ा कर दस प्रतिशत कर दिया गया है वहीं इस वर्ष छात्राओं को सुपर न्यूमेरेरी सीटें मिलाकर बीस प्रतिशत सीटें आवंटित होंगी केन्द्र सरकार ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई वैधानिक उपाय किए हैं गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति संशोधन विधेयक तीन मार्च को लोकसभा में पेश किया गया इसमें चिकित्सा के आधार पर गर्भावस्था के अधिकतम चौबीस सप्ताह तक गर्भपात का प्रावधान है इस विधेयक का लक्ष्य गर्भपात की प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करना और महिलाओं की निजता का सम्मान करना है वहीं सरोगेसी नियमन विधेयक पिछले वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक का उद्देश्य सरोगेसी में अनैतिक प्रथाओं को नियंत्रित करना सरोगेसी के व्यावसायीकरण को रोकना और सरोगेट माताओं और सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चों के संभावित शोषण पर रोक लगाना है

इस विधेयक में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक एआरटी के माध्यम से जन्मे बच्चे के हित में भ्रूण के आरोपण से पहले आनुवांशिक परीक्षण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है

इसका लक्ष्य लोगों को नुकसान से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन निर्माण आयात निर्यात बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाना है

इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक जवाबदेह बनाना है

इसका लक्ष्य एचआईवी से संबद्ध लोगों के साथ भेदभाव समाप्त करना है राजधानी पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के महेशनगर मुहल्ले में अपराधियों ने छात्र जदयू के उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में उन्हें गोली मारी गयी है वहीं नालंदा जिले में अपराधियों ने दो लोगों की हत्या कर दी और एक व्यक्ति को घायल कर दिया है पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के नवाबबाग मुहल्ले में वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर पांडेय और उनकी नौकरानी की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन तीन सिम कार्ड और लगभग साढ़े उन्तीस हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं लखीसराय जिले में दस सिपाहियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया है कि लखीसराय में सात और हलसी में प्रतिनियुक्त तीन पीटीसी प्रशिक्षु सिपाहियों पर यह कार्रवाई की गयी है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मूल्यांकन परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष शाहजफर इमाम ने कहा है कि शिक्षकों के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अब नियोजित शिक्षक राज्य के मंत्रियों का घेराव करेंगे श्री इमाम ने समस्तीपुर कहा कि शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश मे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार शिक्षकों पर लाठीचार्ज और मुकदमें दर्ज कर रही है पटना में कल से पूर्वी क्षेत्र टी ट्वेंटी बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो रही है टूर्नामेंट के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है टीम का नेतृत्व अभिषेक कुमार करेंगे गया जिले में विष्णुपद थाना क्षेत्र के वैतरणी तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई सूपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत सीसोनी गांव के पास एक चारपहिया वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये